एक हजार चार सौ तिरसठ उम्मीदवार चुनावी मैदान में तीसरे चरण के लिये चूनाव प्रचार चरम पर

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संदेश कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजूट होकर लड़ रहा है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 साउंड बाईट विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सत्रह जिलों की चौरानवे विधानसभा सीटों पर आज शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया इस चरण के लिये मंगलवार तीन नवम्बर को मतदान होगा इसी चरण में क्ल एक हजार चार सौ तिरसठ उम्मीदवार च्नाव मैदान में हैं इनमें राजद के छप्पन भाजपा के छियालीस जदयू के तैंतालीस लोजपा के बावन रालोसपा के छत्तीस बसपा के तैंतीस और कांग्रेस के चौबीस उम्मीदवार शामिल हैं सबसे अधिक सत्ताईस प्रत्याशी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से और सबसे कम दरौली विधानसभा क्षेत्र से चार प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं इस चरण के तहत इकतालीस हजार तीन सौ बासठ पोलिंग ब्रथ बनाये गये हैं जहां दो करोड़ पचासी लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के दौरान राष्ट्रहित विकास मंहगाई और रोजगार का मुद्दा छाया रहा एनडीए गठबंधन के सभी नेता अपनी चुनावी सभाओं में राष्ट्रहित और पुलवामा जैसी घटना को प्रमुखता से उठाते रहे जबकि प्रदेश स्तर के नेताओं ने एनडीए के कार्यकाल में विकास कार्यों को मुख्य मुद्दों के रूप में उठाया इन नेताओं ने राजद के कार्यकाल को भी निशाने पर लिया उधर महागठबंधन के नेताओं ने मंहगाई और रोजगार जैसे मुद्दों को उठाया इन नेताओं ने कहा कि एनडीए सरकार युवाओं को न रोजगार दे पाई और न मंहगाई पर रोक लगा पाई इसके अलावा अन्य प्रमुख पार्टियों के नेताओं ने भी राज्य सरकार के विफलता को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया दूसरे चरण के चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव समेत राज्य के पांच मंत्री अपनी किस्मत आजमा रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव वैशाली जिले के राघोपुर से राजद के उम्मीदवार हैं इसके अलावा राज्य सरकार में मंत्री नंदकिशोर यादव पटना साहिब से और राणा रणधीर सिंह मधुबन से भाजपा के उम्मीदवार हैं जबकि श्रवण कुमार नालंदा से महेश्वर हजारी कल्याणपुर से और रामसेवक सिंह हथुआ से जदयू के उम्मीदवार हैं

मतदान से पहले ही जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह की चुनाव प्रचार के दौरान हत्या से कुछ दिनों तक उथल पुथल रही अब स्थिति शांत है और जिला प्रशासन ने शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये हैं शिवहर के चुनावी मैदान में इस बार जनता दल यूनाइटेड ने फिर से मौजूदा विधायक शरफुद्दीन को उतारा है

वहीं लोक जनशक्ति पार्टी से विजय कुमार पांडेय जन अधिकार पार्टी मुहम्मद वामिक निर्दलीय राधाकांत गुप्ता के अलावा फारवर्ड ब्लॉक और प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवारों के मुकाबले में उतरने के कारण शिवहर का चुनावी मुकाबला रोचक होने के आसार है शिवहर की राजनीति में चार दशक से अधिक समय तक केन्द्र बिंदु रहे पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ झा के परिवार का कोई सदस्य इसबार चुनाव मैदान में नहीं है रघुनाथ झा और उनके परिवार के सदस्यों ने इस सीट से आठ बार जीत दर्ज की है

आकाशवाणी समाचार के लिए शिवहर से हरिकांत सिंह विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है जबकि तीसरे चरण के लिये प्रशासन की ओर से मतदान के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है सीतामढ़ी के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मतदान को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की दरभंगा जिले के डीएम और एसपी ने भी कहा कि निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिये तैयारियां पूरी कर ली गई है मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने भी चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया कई जिलों में दियारा क्षेत्रों में मतदानकर्मियों को जाने के लिये नाव का भी सहारा लिया जा रहा है विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिये प्रचार चरम पर है इस चरण में पंद्रह जिलों के अठहत्तर सीटों पर सात नवंबर को मतदान होगा तीसरे चरण के लिये एनडीए और महागठबंधन समेत सभी प्रमुख दलों के नेता अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में ध्रंआधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों से अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं इसी कड़ी में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बगहा विधानसभा क्षेत्र के बहुअरवा में एक सभा में दावा किया कि जनता का भरोसा एनडीए में कायम है और बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी उन्होंने कहा कि एनडीए के शासनकाल में थारू जनजातियों के लिये कई काम हये हैं

श्री मोदी ने कहा कि पड़ोसी देश द्वारा हमले की जिम्मेदारी लेने से उन लोगों के असली चेहरे बेनकाब हो गये हैं जिन्होंने इस मामले पर गंदी राजनीति की थी उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने प्रदेश के सर्वांगिण विकास के लिये काम किया है महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना में कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित नहीं किये गये इसी कारण युवाओं का पलायन होता रहा उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर्ड करने का फरमान जारी कर दिया है इसे वापस लिया जायेगा

इधर रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में कहा कि राज्य सरकार के पास विकास का कोई रोडमैप नहीं है

साउंड बाईट लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में कहा है कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो सरकारी सेवा में रिक्त पदों को भरेगी और निवेश के लिये उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करेगी उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की अवधारणा से बिहार में विकास के नये युग की शुरूआत होगी श्री पासवान ने बेरोजगारी के लिये भाजपा कांग्रेस जदयू और राष्ट्रीय जनता दल की सरकारों को दोषी ठहराया

अन्य वामपंथी नेताओं ने भी अलग अलग जगहों पर चूनावी सभाओं को संबोधित करते हुये महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील की प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर छियानवे दशमलव शून्य आठ प्रतिशत हो गया है अब तक दो लाख नौ हजार छह मरीज कोरोना संक्रमण से मूक्त हो चूके हैं जबकि सक्रिय मामलों की संख्या सात हजार चार सौ सैंतीस है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में सात सौ सतहत्तर नये मरीजों में कोरोना संक्रमण की पूष्टि के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख सत्रह हजार पांच सौ इकतालीस हो गयी है सबसे अधिक दो सौ चौहत्तर नये मरीजों की पहचान पटना जिले में हुई है इसके अलावा मुजफ्फरपुर में अड़तीस गया और सारण में अट्ठाईस अट्ठाईस जहानाबाद में पच्चीस तथा वैशाली और सुपौल में चौबीस चौबीस नये मामले सामने आये हैं अन्य जिलों से भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है

साउंड बाईट अभी जो अभियान चल रहा है कि मास्क पहनना दो गज की दूरी बनाये रखना और हाथ धोना

ये तीनों को हमें करना चाहिए देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर इक्यानवे दशमलव पांच चार हो गई है देश भर में अब तक चौहत्तर लाख इक्यानवे हजार पांच सौ तेरह लोग इस संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं पिछले चौबीस घंटों में उपचार से अंठावन हजार छह सौ चौरासी लोग स्वस्थ हुए हैं

एक हजार चार सौ तिरसठ उम्मीदवार चुनावी मैदान में तीसरे चरण के लिये चुनाव प्रचार चरम पर